नई गाईडलाईन के मुताबिक प्रदेश को ग्रीन ओरेंज और रेड जोन में बाटा गया है

घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उडान रेल मैट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद रहेगी सभी शिक्षण संस्थान सिनेमा हॉल और पूजा स्थल और सभी सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे इमरजेंसी सेवाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी विशेष परिस्थितियों में आमजन संबंधित जिला प्रशासन से पास बनवाकर आ जा सकेंगे

इन क्षेत्रों में नाई की दुकान स्पा और सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी

यहां साईकिल रिक्शा ऑटोरिक्शा टैक्सी और कैब के संचालन पर रोक रहेगी राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के मजदूरों और प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने का काम जारी है जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले से कल शाम तक पैंतीस हजार प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्र भेजा जा चुका है वहीं अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थान के श्रमिकों के भी आने का सिलसिला जारी है

भारतीय वायुसेना के हैलीकाप्टरों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के सम्मान में आज सुबह जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर पुष्प वर्षा की चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर कोरोना योद्वाओं को उनके श्रेष्ठ कार्यो के लिए धन्यवाद दिया इस अवसर पर चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भण्डारी एसएमएस अधीक्षक डॉ डीएस मीणा सहित बडी संख्या में चिकित्साकर्मी उपस्थित थे

कोरोना संकमण से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य के सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां चल रही है प्रतापगढ जिले में अब तक बीस लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है

बीकानेर शहर में आयुर्वेद विभाग की ओर से क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को आयुर्वेदिक काढा पिलाया गया

श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है

ये उड़ानें एयर इंडिया एलायंस एयर भारतीय वायु सेना और निजी विमान कंपनियों के तहत संचालित की गई हैं